ये सर्वेक्षण अगस्त माह के अंत तक चलेगा

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के स्वच्छ भारत के सपने को साकार करने के उद्देश्य से स्वच्छता रथ शुरू किया गया है जो गांव गांव में जाकर लोगों को साफ सफाई के बारे में जागरूक करेगा भेंट मंडी जिले के प्रशिक्षित बेरोजगार नर्सरी शिक्षक संघ के एक प्रतिनिधिमंडल ने कल मंडी में मुख्यमंत्री जयराम ठाक्र से मुलाकात की संघ के अध्यक्ष आपा राव ने मुख्यमंत्री को अपनी विभिन्न मांगों के संबंध में अवगत करवाया मुख्यमंत्री ने प्रतिनिधिमंडल को उनकी सभी जायज मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार का आश्वासन दिया आधार भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण ने लोगों को सार्वजनिक रूप से अपना आधार नंबर इंटरनेट और सोशल मीडिया पर न देने के बारे में आगाह किया है कुछ लोगों द्वारा अपनी आधार संख्या इंटरनेट पर दिए जाने की खबरे सोशल मीडिया पर आने के बाद ये परामर्श जारी किया गया है प्राधिकरण ने कहा है कि आधार विशिष्ट पहचान संख्या है जिसका उपयोग विभिन्न सेवाओं लामों और सब्सिडी प्राप्त करने के लिए व्यक्ति की पहचान के प्रमाण के तौर पर किया जाता है

शहरी विकास मंत्री सरवीण चौधरी कुल्लू जिले में बंजार उपमण्डल की मंगलौर पंचायत में जनमंच कार्यक्रम की अध्यक्षता करेंगी

कुल्लू के उपायुक्त युनूस ने बताया कि स्थानीय लोगों से कार्यक्रम के लिए शिकायतें आमंत्रित की गई हैं उन्होंने लोगों से जनमंच कार्यक्रम का लाभ उठाने की अपील की है अब एक नजर अखबारों की सुर्खियों पर आज सभी समाचार पत्रों ने एमबीबीएस एडमिशन पर हाईकोर्ट के तीसरे जज द्वारा लिए गए फैसले से जुड़ी खबर को प्रमुखता दी है अमर उजाला की सुर्खी है दुसरे राज्यों में पढ़े हिमाचली भी स्टेट कोटे से कर सकेंगे एमबीबीएस पंजाब केसरी का शीर्षक है एमबीबीएस में दाखिला न देना का फैसला असंवैधानिक दैनिक जागरण के शब्द हैं प्रदेश से बाहर नौकरी करने वालों के बच्चे दाखिला के पात्र दिव्य हिमाचल का कहना है बाहरी हिमाचलियों को राहत दैनिक भास्कर के मुताबिक सरकार का फैसला असंवैधानिक इस बार याचिकाकर्ताओं को राहत आगे से सभी को छूट या किसी को नहीं

जबकि अजीत समाचार लिखता है अमित शाह पार्टी के पदाधिकारियों व वरिष्ठ अधिकारियों से करेंगे मुलाकात धूमल को बड़े ओहदे की चर्चा के बीच डिनर डिप्लोमेसी शीर्षक से अमर उजाला लिखता है ओक ओवर में देर रात जयराम के साथ डिनर करने पहुंचे पूर्व सीएम तीसरे गुट की धुकधुकी बढ़ी

आपका फैसला मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के हवाले से लिखता है प्रदेश सरकार लोगों को गुणवत्ता व बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध करवाने को वचनबद्व अजीत समाचार के शब्द हैं भू स्खलन से किसानों को हुए नुकसान का मिलेगा उचित मुआवजा नूरपुर में चार और कशर बंद शीर्षक से दिव्य हिमाचल ने लिखा है नियमों को तोड़ने पर गाज खामियों को दूर किए बिना नहीं मिलेगी इजाजत

हिमाचल दस्तक के शब्द हैं नाहन मेडिकल कॉलेज में हुई वित्तीय गड़बड़ी की जांच होगी बिलासपुर में एम्स बनाने के फैसले पर दैनिक भास्कर की सुर्खी है जमीन की फोरेस्ट क्लीयरेंस का केस तक नहीं भेजा चार साल में

अवैध खनन मामले में मुख्य सचिव को हाईकोर्ट में हाजिर होने के आदेश पंजाब केसरी की सुर्खी है इसी पत्र की एक अन्य खबर है मणिमहेश यात्रा पर जीएसटी की मार हैलीटैक्सी महंगी कांगड़ा में तीसरी बार आए भूकंप से जुड़ी खबर भी लगभग सभी अखबारों में प्रमुखता लिए हुए है अब एक नज़र संपादकीय पन्ने पर दैनिक जागरण ने अपने संपादकीय जिन्दगी अनमोल है में हिमाचल में आत्महत्या के बढ़ते मामले पर चिंता जताते हुए लिखा है कि जिंन्दगी से नाराज़ होने से बेहतर है कि विपरित हालात का सामना करने के लिए खुद को सक्षम बनाया जाए दिव्य हिमाचल ने अपने संपादकीय उर्जा मंत्री के हस्ताक्षर में लिखा है कि मंत्री अपने हस्ताक्षर का दायरा व जिम्मेदारी समझें तो फाइलें भी सक्रिय हो जाएंगी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

नमस्कार